कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें

पीएम वेबीनार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अन्संधान डिजायन और उनके देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है

उन्होंने कहा कि पूंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों का आयात करने की बजाय निर्यातक देश बनने का प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों के स्वदेश में ही निर्माण को बढ़ावा दे रही है

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की इस दौरान चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाने पर सहमति बनी साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाएगा केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान म्ख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना शीर्ष प्राथमिकता से लागू किये जाने का अनुरोध किया

चमोली आपदा अपडेट ऋषि गंगा के जल प्रलय के बाद से ही प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा राहत बचाव कार्य लगातार जारी है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं

तपोवन सुरंग से पानी और मलबा हटाने का काम भी जारी है कोविड सलाह केंद्र सरकार ने कोविड मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी का सामना कर रहे राज्यों को सलाह दी है कि वह संबंधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी के साथ साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान केन्द्रित करें कोविड महामारी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को आरटी पीसीआर जांच का अनुपात बढ़ाने और साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोगों की फिर से आरटी पीसीआर जांच करने के लिए कहा है राज्यों को कोरोना के नए स्वरूप पर नियमित रूप से निगरानी रखने के साथ साथ कोविड मामलों के बढ़ते समृह पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है

उन्होंने मुख्य चिकित्साधीक्षक को अस्पताल में आने वाले मरीजों का ड्र नेट टेस्ट एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन नहीं किया गया है उनकी सूची तैयार करते हुए वैक्सीनेशन स्निश्चित किया जाय जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए अधिक सतर्कता और सजगता से काम करने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि लाइजन ऑफिसर्स अपने से संबधित दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह से उतरदायी रहेंगे

जलजीवन मिशन में उत्तराखण्ड के सभी बड़े और छोटे शहरों को शामिल किया जाने की भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति दी है आज केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में मुलाकात की मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंतनगर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी पिथौरागढ़ जिले स्थित नैनीसैनी हवाई पट्टी का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दवारा हस्तगत किए जाने के लिए सर्वे किया जाएगा

इस दौरान बल के उप महानिरीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया डीआईजी मनमोहन कांडपाल ने अधिकारियों और कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक और महानिदेशक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया डीआईजी ने कहा कि स्थापना दिवस का यह दिन जवानों के लिए बहत खास होता है

कीवी प्रस्कार बागेश्वर जिले ने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है

जिलाधिकारी विनीत कुमार ने विभाग और किसानों के बीच खेती को लेकर बने तालमेल को लेकर ख्शी जताई उन्होंने एक सम्मान समारोह में किसानों को प्रस्कृत किया उन्होंने इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताई

यह अवॉर्ड भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले व्यक्तियों परियोजनाओं और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है

जिला उद्यान अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि कीवी को न तो जंगली जानवर नुकसान पहंचाते हैं और न ही ये जल्दी खराब होता है